वे कल गुजरात के केवड़िया में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने पुलिस बलों को ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि विघटनकारी तत्व अपने तात्कालिक लाभ के लिए जातीय विसंगतियों का फायदा उठाते हैं श्री मोदी ने कहा कि देश के लोग आतंकवादियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए पुलिस बल खासकर कश्मीर के पुलिसबल के प्रति गर्व का अनुभव करते हैं उन्होंने सभी मुद्दों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए पुलिस अधिकारियों की प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता के प्रति योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार की स्थापना की घोषणा भी की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जारी एक डाक टिकट का भी विमोचन किया श्री मोदी ने साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी साइबर समन्वय केन्द्र के पोर्टल की भी शुरुआत की इससे सुरक्षाबलों को साइबर अपराधों को हल करने में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री आज लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित दो दिवसीय युवा कुभ को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का अनुकूल वातावरण बनाया गया है जिसके कारण प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं प्रयागराज में होने वाले कुम्भ को लेकर श्री योगी ने कहा कि भारत की आजादी के बाद यह पहला कुंभ होगा जिसमें श्रद्धालुओं को गंगा का शुद्ध जल प्राप्त होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कुम्भ में पहली बार श्रद्धालु अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे युवा क्रंभ समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल रामनाईक ने कहा कि प्रयागराज में इस बार का क्रंभ ऐतिहासिक होगा उन्होंने युवाओं को विशेष रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने को सलाह दी राजधानी लखनऊ में कल से शुरू हुए दो दिवसीय युवा कुंभ में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया युवा कुम्भ के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नौजवान ही देश को विश्व गुरू बना सकते ह उन्होंने कहा कि विश्व गुरू बनने के लिए ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता है गृह मंत्री ने युवाओं से देश के विकास के लिए समर्पित होकर काम करने का आग्रह किया इस अवसर पर बोलते हुए केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज का युवा कुम्भ इस बात का संकेत देता है कि हमारे युवा देश के लिए समर्पित है प्रदेश में अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुम्भ दो हजार उन्नीस से पहले विचार कुम्भों को श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में इससे पहले महिला कुम्भ का आयाजन वृन्दावन में किया जा चुका है

आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह गर्व की बात है कि यूनेस्को ने कुम्भ मेले को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है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

वे आज लखनऊ में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक सौ चौदहवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल सकल घरेलू उत्पादन का केवल एक दशमलव छः एक प्रतिशत ही व्यय होता है इसे दो दशमलव पांच प्रतिशत तक किया जायेगा उन्होंने कहा कि स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए चार हजार सीटें बढ़ा दी गयी हैं गृहमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना दुनिया की सबस बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इससे देश के करोड़ों गरीब लोगों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ समस्याएं और चुनौतियां हैं लेकिन सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा व्यवसाय एक पूजा के समान है और इससे जुड़े विद्यार्थियों को मेहनत और अपने विवेक के साथ अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह विधानभवन में उनकी प्रतिमा पर मार्ल्यापण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की किसान सम्मान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित समारोह में आज प्रदेश भर के तैंतीस किसानों को सम्मानित किया गया राज्यपाल रामनाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रबी और खरीफ की फसलों के उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित करने वाले दस किसानों को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक एक लाख रूपये का चेक प्रदान किया जबकि ग्यारह किसानों को द्वितीय पुरस्कार और नौ किसानों को तृतीय पुरस्कार से कृषि मंत्री ने सम्मानित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे उन्हाने किसानों का आत्मनिर्भर बनाया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के उत्थान के लिए कई योजनायें बनायी हैं जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक करीब छियासी लाख किसानों का कज माफ किया गया है किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिया जा रहा है मूख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में किसान हैं उन्होंने कहा कि भारत का किसान आज इतना सक्षम है कि पूरी दुनिया का पेट भर सकता है वहीं राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में तेजी स कार्य भी हो रहा है

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा है कि इस मिसाइल में अपने लक्ष्य पर पहुंचने के क्रम म होने वाली गड़बडियों को स्वयं ही ठीक कर लेने की क्षमता है भारत ने इस महीने के शुरू में अंतर महाद्विपीय बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था

बकाया राशि का भुगतान जल्दी सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अपील के बाद यह कारवाई की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को समय से भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों के तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है मुजफ्फरनगर में आज सबसे कम तापमान शून्य दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया